मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार हिमाचल को देश का शिक्षा केंद्र बनाने को प्रतिबद्ध केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आकाशवाणी व दूरदर्शन को विभिन्न योजनाओं के प्रसार प्रचार का बेहतर माध्यम बताया मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने प्रदेश की सात चिन्हित नदियों किनारे स्वच्छता अभियान और चलाने के दिए निर्देश दीक्षांत समारोह केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मन्त्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विद्यार्थियों विशेष रूप से युवाओं को मूल्यों पर आधारित शिक्षा देने पर बल दिया है

रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नए भारत के निर्माण में देश के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति ला रही है जिससे देश में शिक्षा प्रणाली सुदृढ़ होगी और इसे रोजगारोन्मुखी बनाया जाएगा इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ कौशल विकास पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि उन्हें रोजगार के अधिक अवसर मिल सके राज्यपाल ने कहा कि युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं और युवाओं की सबसे ज्यादा संख्या भारत में है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को गुणात्तमक शिक्षा प्रदान करने और प्रदेश को देश का शिक्षा केंद्र बनाने पर कार्य कर रही है मुख्यमंत्री ने हाल ही में इंडिया टूडे पत्रिका के सर्वेक्षण में शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रदेश को पहला स्थान मिलने पर प्रसन्नता जाहिर की

उन्होंने जनकल्याण और विकास के लिए अनेक नई योजनाएं आरम्भ करने पर प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की अनुराग ठाकुर ने युवाओं से भारत को विश्व शक्ति बनाने के संकल्प में अपना सहयोग देने का आहवान भी किया

जावडेकर केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रसार भारती आकाशवाणी और दूरदर्शन के जरिये सम्बद्ध मंत्रालयों के साथ तालमेल कायम कर केन्द्र सरकार के सभी कार्यक्रमों और उनसे संबंधित विभिन्न पहलुओं का प्रचार प्रसार करता है लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए जावड़ेकर ने कहा कि केन्द्र सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय लोक सम्पर्क तथा संचार ब्यूरो द्वारा किया जाता है जावड़ेकर ने कहा कि लोक प्रसारक के रूप में प्रसार भारती को केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू की जाने वाली योजनाओं व कार्यक्रमों के बारे में रेडियो और टेलिविजन के जरिये प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी मिली हुई है सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने सभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान से जुड़ने का आहवान किया है आज धर्मशाला के राजकीय उच्च विद्यालय लपियाणा के वार्षिक समारोह में अपने संबोधन में उन्होंने युवाओं से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और नशा मुक्त समाज बनाने में अपना सहयोग देने की अपील की सरवीण चौधरी ने इस अवसर पर शिक्षा खेल कूद व अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ठ प्रदर्शन करने वाले मेधवी विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पैंशन योजना के तहत आज कांगड़ा जिले में जस्वां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के कोटला बेहड़ में पेँशन सप्ताह का शुभारम्भ किया

इस मौके पर उन्होंने प्रदेश भवन व अन्य सननिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में साढ़े सात सौ कामगारों को इंडेक्शन चूल्हे सोलर लैम्प व साईकिलें भी वितरित की

मुख्य सचिव मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने कहा कि प्रदेश की सुखना मारकंडा सिरसा अश्वनी ब्यास गिरी और पब्बर नदियों के किनारे स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा शिमला में आज एक समीक्षा बैठक में उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नदियों के पानी की निरंतर गुणवत्ता जांचने के निर्देश दिए बाल्दी ने प्राकृतिक संसाधनों खासकर पानी और वायु को प्रदूषण मुक्त रखने पर जोर देते हुए कहा कि हिमाचल को स्वच्छ व स्वास्थ्यवर्द्वक वातावरण के लिए जाना जाता है मुख्य सचिव ने सिरमौर जिले के काला अंब में तय समय सीमा के भीतर ठोस कचरा प्रबंधन सुविधा स्थापित करने के निर्देश भी दिए

सम्मेलन नेता जी सुभाष चंद्र बोस स्मारकीय महाविद्यालय हमीरपुर में गणित विभाग द्वारा अंतराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने इस दो दिवसीय सम्मेलन के शुभारम्भ अवसर पर कहा कि गणित का महत्व केवल मनुष्य के दैनिक जीवन में ही नही बल्कि विज्ञान की उन्नति में इसका बहुत महत्तव है